सबसे अधिक डेंगू के मरीज देहरादून में दर्ज

कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार प्रकृति और आर्थिक विकास में संतुलन बनाते हुए मजबूत और नये भारत की ओर बढ़ रही है श्री मोदी ने मथुरा में ही राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की भी शुरूआत की इसका उद्देश्य पशुओं में खुरपका मुंहपका और ब्रूसेलोसिस रोगों का उन्मूलन करना है कार्यक्रम के तहत पचास करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जाएंगे

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक पशुओं की मौत का कारण बन रहा है उन्होंने कहा कि पशुधन और पर्यावरण हमेशा से भारत के आर्थिक चिंतन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है श्री मोदी ने कहा कि पिछले पांच साल में सरकार ने खेती से जुड़े अन्य विकल्पों पर नया दृष्टिकोण अपनाया है

उन्होंने गांवों में काम कर रहे स्वसहायता समूह नागरिक समाज सामाजिक संगठन युवा संगठन महिलाओं के समूह क्लब स्कूल और कॉलेजों तथा सरकारी और निजी संस्थानों से इस अभियान में हिस्सा लेने का आग्रह किया संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद विश्व के लिए खतरा बन गया है और इसकी गहरी जड़ें हमारे पड़ोस में हैं उन्होंने कहा कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है मथुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और यह एक विचारधारा बन गया है यह किसी भी राष्ट्र की सीमा में बंधा हुआ नहीं है

निर्देश पौड़ी और बागेश्वर जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की धीमी प्रगति को देखते हए मुख्य सचिव ने दोनों जिलों में अधिक से अधिक शिविर लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं आज सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने यह आदेश दिए

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जिलेवार समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने किसानों के लिए संचालित प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिये आपदा राहत उत्तरकाशी की मोरी तहसील और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के बाद वहां आम जन जीवन अब समान्य होने लगा है दोनों क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में जन धन का बड़ा नुकसान हुआ था पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में सात सितंबर को बादल फटने की घटना में एक व्यक्ति मारा गया था जबकि छह लोग घायल हो गए थे

क्षेत्र में पेयजल विद्युत और अन्य सुविधाओं को बहाल करने के प्रयास जारी हैं उधर उत्तरकाशी की मोरी तहसील में भी सामान्य जन जीवन पटरी पर लौटता नजर आ रहा है भारी बारिश और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुए इस क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाओं को अस्थाई तौर पर बहाल कर दिया गया है इस इलाके में अब भी कुछ मोटर मार्ग यातायात के लिए बंद पड़े हैं जिनके जल्द खुलने की उम्मीद है

शिविर नैनीताल में राशन कार्डो को ऑनलाइन करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पूर्ति विभाग शिविर लगा रहा है इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक एक हजार चौबीस लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि लोगों के बीच जागरूकता का आभाव भी डेंगू का एक कारण है उन्होंने कहा यदि डेंगू के कोई भी लक्षण नजर आंए तो तुरन्त चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए

यह गाड़ी नगर क्षेत्र में गीले और सूखे कूड़े को अलग करने के बारे में आम जनता को जागरूक करेगी इससे पहले जिला प्रेक्षागृह में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत विभिन्न विद्यालयों से आये छात्रों को कूड़ा बैग आवटिंत किये गये जिसमें वे अपने घर के कूड़े को एकत्रित करके स्कूल में लायेगें और उसके बाद नगरपालिका उस कूड़े को निस्तारित करेगी इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा जन आन्दोलन में सभी की सहभागिता जरूरी है उन्होंने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर जनजागरूकता के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम में अपना सहयोग दें वन शहीद दिवस वन अनुसंधान संस्थान परिसर देहरादून में स्थित वन शहीद स्मारक के प्रांगण में आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया यह दिवस वनों तथा वन्यजीव की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले वन रक्षकों की याद में मनाया गया इस अवसर पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् व वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय राज्य वन प्रशिक्षण अकादमी के प्रशिक्षु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थी क्षेत्रीय कार्यलय के अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित थे कार्यक्रम वन शहीदों की याद में दो मिनट के मौन के साथ सम्पन्न हुआ मौसम पिछले कुछ दिनों से राज्य में हो रही बारिश में कमी दर्ज की गई है राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक से लेकर आमतौर पर बादल छाए हए हैं लेकिन वर्षा की मात्रा में गिरावट आई है बारिश में कमी होने के चलते जहां पर्वतीच अंचलों में मौसम सुहावना बना हुआ है वहीं मैदानी इलाकों में उमस के कारण गर्मी महसूस हो रही है प्रदेश के मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नही होगा हालांकि विभाग का अनुमान है कि राज्य में कहीं कहीं आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है

एनजीटी निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने एक निजी कंपनी को निर्देश दिया है कि वह टिहरी जिले के जलविद्युत संयंत्र में पानी के चैनल में रिसाव को बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाए एक समाचार एजेंसी के अनुसार एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश समिति की तरफ से दायर रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दिए इस समिति में बिजली और ऊर्जा विभाग उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि और टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी शामिल हैं